एयरपोर्ट पर डॉक्टरों की टीम तैनात राज्य में अब लोगों को जमीन का नक्शा मुफ्त में मिलेगा

प्रदेश में कोरोना वायरस के खतरों को देखते हुये नेपाल सीमा से सटे बिहार के सभी प्रवेश द्वारों पर स्वास्थ्य शिविर लगाकर संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है साथ ही पटना और बोधगया एयरपोर्ट पर भी डॉक्टरों की टीम तैनात की गयी है इन दोनों एयरपोर्ट पर अब तक सोलह हजार से अधिक यात्रियों की जांच की गयी है बिहार में अब तक नोवेल कोरोना वायरस से मिलते जुलते लक्षणों वाले एक सौ इक्कीस संदिग्ध मरीजों की पहचान की गयी है इसमें मलेशिया से लौटे पटना के एक यूवक का भी रक्त नमूना जांच के लिए भेजा गया है हालांकि अब तक किसी मरीज में वायरस होने की पुष्टि नहीं हुई है छब्बीस मरीजों को जांच के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है शेष लोगों को विशेष निगरानी में रखा गया है देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के तीन मरीजों की प्रष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में संदिग्ध मरीजों को सर्विलांस पर रखने के लिए आईसोलेशन वार्ड बनाये गये हैं केन्द्र सरकार ने इटली ईरान दक्षिण कोरिया और जापान के नागरिकों के लिए जारी किये गये सभी नियमित और ई वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिये हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने संशोधित यात्रा परामर्श जारी करते हुए कहा है कि जिन्हें आवश्यक रूप से भारत आना है उन्हें अपने नजदीकी भारतीय द्रतावास से नया वीजा लेना होगा चीन के नागरिकों के लिए पिछले महीने की पांच तारीख को रद्द किये गये नियमित वीजा अब भी रद्द रहेंगे सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी समाचार टीवी चैनल और एफएम रेडियो चौनलों को इस यात्रा परामर्श का प्रचार करने का आग्रह किया है मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस के बारे में चैनल समय समय पर स्क्रौल भी चला सकते हैं केन्द्र सरकार ने कोरोना को लेकर पैरासिटामॉल विटामिन बी वन और बी ट्वेल्व सहित छब्बीस दवा उत्पाद और उनकी निर्माण सामग्री ए पी आई के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के सम्भावित खतरे को देखते हुए ऐतिहाती उपायों की एक सूची जारी की है इसके तहत लोगों को अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखने और बार बार साबुन से हाथ धोने का परामर्श दिया गया है जब भी हाथ गंदे दिखें तो लोगों को उन्हें साबुन से बहते जल से धोना चाहिए अगर हाथ गंदे नहीं दिखें तो सेनेटाइजर का उपयोग किया जा सकता है वहीं इस्तेमाल किए गए टिशू पेपर को तत्काल कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए साथ ही लोगों को खांसते और छिंकते समय मृंह को ढंक लेना चाहिए यदि स्वास्थ्य ठीक न लगे तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए लोगों को सार्वजनिक जगहों पर न थ्रकने की सलाह दी गई है और किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क से दूर रहने का परामर्श दिया गया है जिसको खांसी या बुखार हो इसके अतिरिक्त लोगों को जानवरों या कच्चे या अधपके मांस के संपर्क मे आने से भी बचना चाहिए साथ ही खेतों पश् बाजारों या उन जगहों पर जाने से बिलकुल बचना चाहिए जहां पशु वध किया जा रहा हो राज्य में अब लोगों को जमीन का नक्शा मुफ्त में मिलेगा राजस्व और भ्रमि सुधार विभाग ने इसके लिए एक नई वेबसाईट लांच की है भू अभिखेल और परिमाप निदेशक जय सिंह ने यह जानकारी देते हुये बताया कि पहले डिजिटल मैप प्लॉटर मशीन से प्रति नक्शा एक सौ पचास रूपये लिया जा रहा था निदेशक ने बताया कि विभाग की आधिकारिक वेबसाईट आई आर सी बिहार डॉट एनआईसी डॉट इन के अलावा नई वेबसाईट डीएलआरएस डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट इन पर सर्वे से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य के बत्तीस लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा ग्रामीण विकास विभाग के सर्वे में चिन्हित इन सभी परिवारों के लिए आवास निर्माण को स्वीकृति दे दी गयी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसी के बांका स्थित बॉटलिंग प्लांट से उत्पादन शुरू हो गया है ट्रायल उत्पादन में इससे जुड़े तकनीकी पहलुओं की जांच सफल रही यह प्लांट देश का अधुनिकतम प्लांट है इसकी उत्पादन क्षमता साठ हजार टन प्रति वर्ष है इस प्लांट में हर दिन लगभग पैंतीस से सैंतीस हजार एलपीजी सिलेंडर की रिफिलिंग होगी मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में में हल्की बारिश और ओलावृष्टि की सम्भावना व्यक्त की है इसके साथ ही कई स्थानों पर ठनका गिरने का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है किसानों को इसको लेकर सतर्क रहने को कहा गया है वहीं विभाग ने कहा है कि होली आते आते प्रदेश का मौसम पूरी तरह साफ हो जायेगा राज्य सरकार ने ओलावृष्टि से फसलों को हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए साठ करोड़ रूपये मंजूर किये हैं राज्य मंत्रिमंडल ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है इस राशि से पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जायेगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सक्रिय दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी इसके लिए विभाग ने सभी अस्पताल के अधीक्षकों को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया है राज्य सरकार निजी भवनों में सोलर प्लेट लगाने के लिए अपनी ओर से पच्चीस प्रतिशत तक का अतिरिक्त अनुदान देगी मंत्रिमंडल ने इससे संबंधित प्रताव को मंजूरी दे दी है गौरतलब है कि केन्द्र सरकार पहले से ही सोलर प्लेट लगाने के लिए बीस से चालीस प्रतिशत तक का अनुदान दे रही है कटिहार जिला प्रशासन ने मूल्यांकन कार्य मे अनुपस्थित रहने वाले एक सौ उनसठ हड़ताली शिक्षकों के विरुद्ध नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है पटना की एक अदालत ने एएनएम डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा दो हजार आठ में फर्जीवाड़े का दोषी करार देते हुए तीन महिला अभ्यर्थियों को दो दो वर्ष के साधारण कारावास के साथ पांच पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई सारण के बनियापुर में आयोजित चौबीसवीं ईस्ट जोन हैंड बॉल चैंपियनशिप के महिला और पुरूष वर्ग का खिताब बिहार ने जीत लिया है पुरूष वर्ग के फाइनल मुकाबले में बिहार ने झारखंड को तेईस के मुकाबले इक्कीस अंकों से पराजित कर दिया वहीं महिला वर्ग के फाइनल में बिहार की टीम ने पश्चिम बंगाल को हरा कर खिताब जीत लिया अखिल भारतीय सुखदेव नारायण अन्तर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन सत्रह मार्च से पटना के ऊर्जा स्टेडियम में किया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है कोरोना का दायरा बढ़ा देश में दहशत प्रभात खबर ने इसी खबर की सुर्खी दी है दिल्ली से आगरा तक एक शख्स से फैला कोरोना छह और संदिग्ध मिले दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है ई रिक्शा बनाने वाली कम्पनी को अवश्य मिलेगा लाभ दैनिक भास्कर ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के नियोजित शिक्षकों को आश्वासन को बड़ी खबर बनाते हुये सुर्खी दी है नियोजित शिक्षकों के वेतन में होगी सम्मानजनक वृद्धि आज अखबार की सुर्खी है सोशल मीडिया नहीं छोड़ रहे मोदी रविवार को नये सोशल मीडिया पर करेंगे सिर्फ महिलाओं की बात

एयरपोर्ट पर डॉक्टरों की टीम तैनात राज्य में अब लोगों को जमीन का नक्शा मुफ्त में मिलेगा